राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद तणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष शोरगुल के बीच अध्यक्ष एमवेंकैया नायडू ने सदन की कोर्यवाही दोपहर बाद दो बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी लोकसभा में भी टीएमसी कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों ने सीबीआई का मुद्दा उठाया सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी इसलिए उन्होंने सदन की बैठक पहले दो बार स्थगित करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी

उन्होंने आज कहा कि पुलिस आयुक्त शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई सम्मन का जवाब देर्न में विफल रहे इसलिए सीबीआई को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृहमंत्री ने सीबीआईें अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को गैरकानुनी और अभुतपुर्व बताया श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है उच्चतम न्यायालय शारदा चिटफंड मामले में सबूतों को नष्ट करने और जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की कथित अवमानना के मामले में सीबीआई की याचिका पर कल सुनवाई करेगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से पुलिस आयुक्त र्क खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के बारे में बातचीत की सूत्रों ने बताया है कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुला कर इस मामले के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है गृह मंत्रालय स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है

उन्होंने एम नागेश्वर राव का स्थान लिया है जो जांच एजेंसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे

आज जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजकीय समय के दौरान अपने घरों में बैठकर प्रेक्टिस करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी डॉ शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की जांच सुविधाओं को सुद्रढ़ कर आवश्यकतानुसार इनका विस्तार करने के निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कैंसरग्रस्त मरीजों की बढती हुई संख्या के मद्देनजर प्रतापनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेट कैंसर इंस्टीटयुट पर कार्य शुरू होगा

विश्व कैंसर दिवस पर राज्य के अन्य जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम हुए नागौर में आज से सात दिन का कैंसर परामर्श शिविर जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय की कैंसर केयर युनिट की ओर से आयोजित किया जा रहा है बीकानेर में कैंसर जागरूकता कार्यशाला हुई कैंसर दिवस पर जिला चिकित्सालय में विशेष जांच और उपचार शिविर भी आयोजित किया गया पाली जिले के बाली कस्बे और दौसा में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई विश्व कैंसर दिवस पर आज झालावाड में मेडिकल कॉलेज की ओर से कैंसर और जागरूकता शिविर लगाया गया साथ ही संगोष्ठी हुई

इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई है जयपुर के जवाहर सर्किल पर राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात के नियमों की पालना करनी चाहिये

इस मौके पर प्रदेश के पवित्र सरोवरों में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दानपुण्य किया था झालरापाटन की पवित्र चन्द्रभागा नदी में सुबह से हो स्नान के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही बीकानेर के श्रीकोलायत में भी कपिल मुनि सरोवर मे स्नान के लिये अलसुबह से ही श्रद्वालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया और लोगों ने दान पुण्य किया